भाजपा आंदोलन प्रदेश में किसानों को हो रही यूरिया की किल्लत को लेकर भाजपा कल प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद राकेश सिंह ने एक बयान में कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा भेजा गया यूरिया कमलनाथ सरकार के क्प्रबंधन के कारण किसानों को नहीं मिल पा रहा है इसलिए पार्टी नेता शनिवार को किसानों के साथ धरना देंगे

कांग्रेस आंदोलन केन्द्र सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कल दिल्ली में प्रदर्शन करेगी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया कि प्रदेश से बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गये हैं यह कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में इस आंदोलन में भाग लेंगे

लोकसभा में इसके बाद संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने दुष्कर्म की घटनाओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों का मुद्दा उठाया उन्होंने टिप्पणियों को आपत्तिजनक बताते हुये राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की इस मुददें पर केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित सत्तारूढ़ के सदस्य सदन के बीचोंबीच आ गये

वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चिकाल के लिए स्थगित हो गई कोल इंडिया ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सिंगरौली में आज से दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरूआत हुई

सम्मेलन में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाये बगैर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के तरीको पर विचार विमर्श किया जा रहा है इसके लिए कोयले के उत्पादन से लेकर ऊर्जा उत्पादन स्थल तक उसे पहुंचाने की तकनीकी पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई कमलनाथ बयान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि नागरिकता कानून को लेकर उनकी सरकार का वहीं रूख होगा जो कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान की मूलभावना के विपरीत किसी निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने से पहले सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते सीएम निर्देश मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के कई हिस्सों में कल हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुये नुकसान का सर्वे जल्द शुरू करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है किसानों की हर संभव मद्द की जायेगी

जिसमें उन्होंने पुलिस सुरक्षा में सबरीमला मंदिर जाने की अनुमति मांगी थी प्रधान न्यायाधीश एस ए बोवडे की अध्यक्षता में पीठ ने कहा कि यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है इसलिये अदालत स्थिति को और विस्फोटक नहीं बनाना चाहती पीठ ने यह भी कहा कि सुविधा के लिए संतुलन की जरूरत है इसलिए आज इस मुद्दें पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है नये सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रवि मित्तल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नये सचिव होंगे श्री मित्तल अमित खरे का स्थान लेंगे जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है इनके अलावा सुनील कुमार खनन विभाग और प्रवीण कुमार कौशल और उद्यमिता विभाग में सचिव होंगे जबकि राजेश भूषण ग्रामीण विकास विभाग और सुनील कुमार पंचायती राज विभाग के नये सचिव बनाये गये हैं

वन्य प्राणी और पर्यावरण जागरूकता विषय पर चित्रकला निबंध वाद विवाद और संगीत प्रतियोगिताएं भी इस अवसर पर आयोजित की जायेंगी एकलव्य खेल भोपाल में खेली गई राष्ट्रीय एकलव्य खेलकूद प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई

उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा

पुलिस अधीक्षक अमित सांधी ने कहा कि नशे से उबरने के लिए जागरूकता की जरूरत है

प्रशासन ने कहा है कि जिले में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है